शपथ तैयारी प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं

कमलनाथ के साथ करीब दो दर्जन मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है पार्टी सूत्रों ने बताया कि मंत्रीमंडल में शामिल किये जाने वाले मंत्रियों के नामों पर भी मंथन किया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई प्रमुख नेताओं और दिग्गज कारोबारियों को आमंत्रित किया है राष्ट्रपति गुजरात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में एक नये अत्याध्रनिक रेलवे स्टेशन की आधारशीला रखी इस स्टेशन से बड़ी रेल लाईन के जरिए स्टेचू ऑफ यूनिटी का शेष भारत से संपर्क हो जायेगा

इससे राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय पर्यटकों के लिये आवागमन और आसान होगा साथ ही उन्हें ज्यादा सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी पटेल पुण्यतिथि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है श्री मोदी ने कहा है कि सरदार पटेल के विचार तथा देश की एकता के लिये उनके प्रयास पीड़ियों तक भारतीयों को प्रेरित करते रहेंगे वित्त मंत्री अरूण जेटली और सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठोर ने भी सरदार पटेल का स्मरण करते हुए देश को एकीकृत करने में उनके अमूल्य योगदान का स्मरण किया है फिक्की आयोजन सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत अगले दो तीन वर्षो में डिजिटल अर्थव्यवस्था बन जाएगा

उन्होंने कहा कि इससे देश का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और शहर तथा गांव की दूरी मिट जाएगी

वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कल लोकसभा में यह जानकारी दी

वित्त राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा एटीएम बंद करने की कोई योजना नहीं है निर्वाचन नामावली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है

विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती गौरी सिंह केन्द्रीय संचालक वित्त श्रीमती कविता सिंह और स्वास्थ्य आयुक्त डॉ पल्लवी जैन गोविल भी उपस्थित थीं संचालक वित्त जीतेन्द्र सिंह ने सॉफ्टवेयर और संबंधित कार्यप्रणाली का प्रस्तुतीकरण किया अन्य राज्यों से आये अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर से डिजीटल प्रक्रिया की सराहना की अधिकारियों ने अपने प्रदेश में इसे लागू करने के संबंध में प्रत्येक उत्सुकता का समाधान किया विधानसभा नवनिर्वाचित विधायकों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देने के लिये विधानसभा सचिवालय में स्वागत कक्ष बनाया गया है इसमें बड़ी संख्या में विधायक यहां पहुंचकर सदन से संबंधित साहित्य और कूपन प्राप्त कर परिचय पत्र की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि इस बार विधानसभा सचिवालय द्वारा विधायकों से संबंधित कार्यो के लिये उनके डिजीटल हस्ताक्षर भी लिये जा रहे हैं प्रतिभा पर्व प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में जारी प्रतिभा पर्व का आज समापन हो गया इस दौरान विद्यालयों में विद्यार्थियों की दक्षता आंकलन के साथ ही सांस्कृतिक खेल कूद और अन्य गतिविधियों का आयोजन भी किया गया वार्षिक उत्सव के लिये शिक्षक और अभिभावकों के उपस्थिति में विशेष बालसभा आयोजित की गई इस तीन दिवसीय आयोजन के पहले दो दिनों में विद्यार्थियों का शैक्षिक मूल्यांकन किया गया जनजातीय संग्रहालय भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में रविवार को वायलिन वादन और ओडिसी नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी

इसके बाद सुजाता महापात्रा ओडिसी नृत्य प्रस्तुत करेंगी इस कार्यकम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा

आयोग का यह दल इस दौरान इन केन्द्रों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेगा

संभाग आयुक्त बीएम शर्मा ने समारोह की तैयारियां को लेकर हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि आयोजन की सभी तैयारियां समारोह की गरिमा के अनुरूप हों उन्होंने बताया कि समारोह की पूर्व संध्या पर हजीरा चौराहे पर उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम होगा जिसमें विख्यात गज़ल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की प्रस्तुति होगी उन्होंने बताया कि इस बार के समारोह में कुल नौ संगीत सभाएं होंगी पहली संगीत सभा तानसेन की समाधी पर आयोजित की जायेगी

मौसम पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ गई है और शीतलहर चल रही है जिससे राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में कमी आई है इसका सबसे ज्यादा असर ग्वालियर चंबल संभाग में देखा जा रहा है जहां घना कोहरा छाने लगा है कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात भी प्रभावित हो रहा है मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है